राज्य सरकार ने रांची बोकारो गिरिडीह दुमका पाकुड़ और साहिबगंज के उपायुक्त को कोरोना जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में लगायी फटकार जांच में तेजी लाने का दिया निर्देष कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कई अधिकारी होम क्वारेंटाइन में गए केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री षहरी आवास योजना के तहत बने मकानों को किराये पर देने का लिया निर्णय

अबतक राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या तीन हजार एक सौ सतासी हो गयी है चार दिनों की अवधि में तीन सौ पचास से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है

राज्य में अबतक एक लाख चौंसठ हजार पांच सौ चार नमूनों का परीक्षण किया गया है मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोरोना जांच में लापरवाही बरतने को लेकर रांची बोकारो गिरिडीह पाकुड़ दुमका और साहिबगंज के उपयुक्तों को फटकार लगायी है उन्होंने इन सभी जिलों के उपायुक्तों को जांच में तेजी लाने का निर्देष दिया है वे कल विडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए विभिन्न जिलों में कोरोना जांच की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि कई जिलों में जांच की स्थिति सही नहीं है उन्होंने ट्रूनेट मषीनों का प्ररा उपयोग नहीं होने पर नाराजगी भी जतायी इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी उपायुक्तों को कोरोना जांच में ट्रूनेट मषीनों का षत प्रतिषत उपयोग करने का निर्देष दिया राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल और स्वचछता मंत्री मिथलेश कुमार के सम्पर्क में आने के बाद स्वयं को क्वारेन्टाइन कर लिया है मुख्युमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी अपने घर पर क्वारेन्टाइन हो गए हैं वहीं विधायक मथुरा महतो के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद उनके संपर्क में आये लोग भी अपने को होम क्वारेंटाइन कर लिये हैं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी होम क्वारेंटाइन में चले गये हैं इधर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी संक्रमण के खतरे से सहमे हुए हैं चतरा जिले में पिपरवार थाने में पदस्थापित एक हवलदार में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है

इसके साथ ही संक्रमित हवलदार के संपर्क में आए पुलिस अधिकारियों और जवानों का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया जा रहा है पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने इसकी पुष्टि करने हुए विभागीय अधिकारियों और जवानों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है श्री झा ने बताया कि छुट्टी से वापस लौटने के बाद हवलदार को पुलिस लाइन स्थित आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट किया गया था साथ ही उसका सैंपल कोरोना जांच के लिए भी भेजा गया था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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र के इस फैसले के बाद प्रवासी कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेगा

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार को एक किलोग्राम चना पांच महीने के लिए दिया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की तीस तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढ़ाये जाने की घोषणा की थी

राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने का हरसंभव प्रयास कर रही है सरकार ने अबतक लगभग दो लाख मजदूरों को रोजगार से जोड दिया है राज्य में लगभग साढे सात लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं और बाकी सभी को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने कहा है कि मजदूरों को जल्द से जल्द मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है

केरल मध्यप्रदेश के बाद झारखंड ने इस मामले में बेहतर प्रदर्षन किया है राज्य में फ्टपाथ दुकानदारों का सर्वे कर उन्हें बैंक लोन के लिए चिन्हित किया गया केंद्र प्रायोजित पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना से झारखंड में अब तक तीस हजार पांच सौ अठारह फृटपाथ दुकानदारों को चिंहित किया गया है जिनमें पंद्रह हजार आठ सौ दुकानदारों ने इस योजना के तहत लोन लेने की इच्छा जतायी है

दोनों नेताओं ने द्मका उपच्चनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की बाबूलाल मरांडी ने द्मका विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में या एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में पहले से ही लागू है

जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में कोडरमा जिला अव्वल रहा है

जबकि दूसरे स्थान पर राजधानी रांची है

कोडरमा जिले के सीडी प्लस ट्र गर्लस हाई स्कूल की छात्राओं ने बताया कि जिले के सरकारी स्कूलों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और यह परीक्षा परिणाम इसी का नतीजा है वही सीडी हाई स्कूल के शिक्षक सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार चौदह जुलाई तक मॉनसून सामान्य रहेगा आज और कल पूरे झारखंड में बारिश होगी